स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी निवेश बढाया जायेगा और नेशनल डिजिटल हैल्थ मिशन की स्थापना की जायेगी उन्होंने जानकारी दी कि सभी जिलों में संकामक रोगों को समर्पित हॉस्पिटल ब्लॉक बनाये जायेंगे

कारोबार जगत में किए गए नवाचार की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कानून लाकर एमएसएमई की परिभाषा को बदला जायेगा बिजनेस में छोटी तकनीकी चूक को अपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा

आज चौथे चरण के लॉकडाउन के बारे में नये दिशा निर्देश जारी होने की संभावना है वंदे भारत मिशन के तहत आज संयुक्त अरब अमीरात में फंसे भारतीयों को लेकर तीन उडान स्वदेश आ रही हैं विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिये वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण कल शुरू हआ

इन तीन उड़ानों में से दो उड़ाने दुबई से कोच्चि और कन्नूर और एक अबू धाबी से कोच्चि के लिये आ रही है राज्य में प्रवासियों के आवागमन का सिलसिला जारी है आज अलवर से दो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें प्रवासियों को लेकर रवाना होगी जिला कलक्टर ने बताया कि पहली ट्रेन शाम चार बजे बिहार और दूसरी ट्रेन रात को दस बजे उत्तरप्रदेश जायेगी

इससे पहले कल रात जोधपुर और झुंझुनूं से भी श्रमिकों को उत्तरप्रदेश भेजा गया

राज्य में कोरोना के संकमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढोतरी हो रही है

हालांकि नये मरीजों की संख्या में भी बढोतरी हो रही हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में ऑनलाइन लेबर एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज बनाया जाए ताकि लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे श्रमिकों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार मिल सके और उद्योगों को उनकी जरूरत के मुताबिक श्रमिक उपलब्ध हो सकें मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रवासी राजस्थानी श्रमिकों के कल्याण के लिए बजट में घोषित प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष के गठन को भी मंजूरी दी इधर राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जरूरतमंदों को बिना राशनकार्ड के भी राशन सामग्री देने के निर्देश दिए है